कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाष पाण्डे के नेतृत्व में दोनों नेताओं ने कल राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की इस दौरान राज्यपाल श्री सिंह को एक सौ विधायकों की सूची भी सौंपी राज्यपाल ने श्री गहलोत को मुख्यमंत्री पद की षपथ के लिए आमन्त्रण पत्र देकर सरकार बनाने का न्यौता दिया इससे पहले जयपूर में एक होटल में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री गहलोत को विधायक दल का नेता चुना गया बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों बेरोजगारों से किए गए वायदों को पूरा करेगी और घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करेगी इस अवसर पर श्री पायलट ने कहा कि पार्टी एकजुट है और वे राज्य के विकास के लिए काम करेंगे

श्री गहलोत जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए है और उनका प्रदेश की राजनीति में अच्छा दबदबा रहा है वहीं राज्य के पांचवे उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे श्री पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं

भोपाल के लाल परेड ग्राउन्ड में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षो में देश के दक्षिणी राज्यों में विकास सुनिश्चित करने के लिए कई सम्पर्क परियोजनाएं शुरू की है

श्री जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब काफी लचीलापन और मजबूती है कल नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में श्री जेटली ने कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन दशमलव तीन प्रतिशत रखेगी

इस दौरान शिक्षको के प्रशिक्षण शिविर सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जायेंगे

आरसीएचओ डॉ नरेन्द्र कोली ने बताया कि तीसरे चरण में बांसवाडा के अलावा बाड़मेर चित्तौडगढ नागौर और सवाईमाधोपुर जिले को शामिल किया गया है अभियान के तहत दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जरूरी टीके लगाये जायेंगे

हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रोडवेज बस डीडवाना आ रही थी हादसे में मारे गये लोग कुचामन और जोधपुर के बताये जा रहे है

पुलिस ने बताया कि यह ट्रक जोधपर से पोकरण की तरफ आ रहा था

दौसा जिले में कड़के की ठण्ड के चलते ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदे जमने लगी है